अब तक एक हज़ार पांच सौ छियानवें रोगी ईलाज के बाद संक्रमण से मुक्त हो चुके है वहीं एक इज़ार एक सौ इकतीस लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है आज झुन्झुन्न् जिले में यो कोरोना पॉजिटिव लोगो की रिपोर्ट नेगेटिव होने के साथ ही जिले में अब कोरोना का कोई भी रोगी नही है इन दो रोगियों को आज अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सम्मान देते हुए विदा किया गया

इस बीच आज कोरोना संक्रमण के बयासी नये मामले सामने आये हैं इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हज़ार दो सौ चालीस हो गई है

जयपुर में सत्ताइस पाली में सात अजमेर में चार जालौर में तीन डूंगरपुर और धौलपुर में दो चे तथा अलवर भरतपुर सवाईमाधोपुर सीकर और चित्तौडगढ में एक एक व्यक्ति में संक्रमण का पता चला है प्रदेश में अब तक ईलाज के दौरान बानवे लोगो की मृत्यु हो गई है

सवाईमाधोपुर में एडीजी पुलिस सुनील दत्त भरतपुर रेंज के आईजी लक्ष्मण गौड़ जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने लॉकडाउन और जीरो माबिलिटी की व्यवस्थाओं की जानकारी ली उन्होंने गंगापुरसिटी के विभिन्न क्षेत्रों में फूलैग मार्च भी किया कोटा संभागीय आयुक्त ने आज बारां सर्किट हाउस में अधिकारियों से जिले के हालात जाने उन्होंने कस्वा थाना एमपी बॉर्डर और आईटीआई शाहबाद का निरीक्षण कर श्रमिकों और प्रवासियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली बाड़मेर जिले में आज सेना के अधिकारियों ने विभिन्न कार्यालयों में पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करते हुए उनका मनोवल बढाया इधर वूंदी में दुकानों के खुलने के बाद मास्क की मांग बढ़ गयी है ऐसे में आज स्काउट गाइड की ओर से शहर और गांवों में विभिन्न स्थानों पर एक हजार नौ सौ मास्क का निशुल्क वितरण किया गया

दौसा में आज कोरोना योद्धाओं का अनूठे अंदाज में सम्मान किया गया

इधर जयपुर जिला कलक्ट्रेट में आज से अहटोमेटिक सेनेटाइजर मशीन लगायी गयी है जिला कलेक्टर जोगाराम ने बताया कि यह मशीन जिला कलक्देट स्टाफ के साथ ही लहकडाउन के कारण बड़ी संख्या में पास बनवाने कलक्देट आने वाले लोगों के लिए उपयोगी होगी विजली से चलने वाली इस मशीन में सेंसर्स लगे हैं जिनसे हायों को सामने से मशीन में डालते ही आवश्यक मात्रा में सेनेटाजर हाथों पर आ जाता है राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में सभी को एकजुट होना होगा राज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि यह संकट का समय है और जनप्रतिनिधि जनहित के काम करे राज्यपाल को आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया गया इसमे कोरोना संक्रमण काल में लोगों की मदद के प्रयास कराने का आग्रह किया गया है राज्यपाल ने ज्ञापन को आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री अशोक गड़लोत को अप्रेषित कर दिया है राज्यपाल ने कहा है कि ज्ञापन में दिये गये बिन्दुओं पर वे मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा ने आज लॉकडाउन तथा कफ्र्यू की सख्ती से अनुपालना नहीं किए जाना क्वारेटीन सेंटर में सुविधाओं का अभाव रसद सामग्री वितरण में भेदभाव जैसे अनेक मुद्दो को ज्ञापन में शामिल कर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया केन्द्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया प्रतिपक्ष उपनेता राजेन्द्र राठौड और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज वीडियो क्रांफेन्स के माध्यम से राज्यपाल कलराज मिश्र से कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य में उत्पन्न हालात और जनहित के मुद्दों पर बातचीत भी की

लॉकडाउन के बाद वूंदी प्रदेश का पहला जिला है जहां गेहूं की खरीद शुरू हुई जिले की चावल की मिलों में लॉकडाउन के दौरान भी उत्पादन जारी रहा

चावल उद्योग संघ के पदाधिकारी राजेश तापड़िया ने बताया कि करीब सवा दो सौ करोड़ स्रपए के चावल का उत्पादन लॉकडाउन के दौरान किया गया

गौरतलब है कि अलवर खैरथल और भरतपुर में तेल की कई मिलें हैं और अलवर में उत्पादित तेल पूरे देश में भेजा जाता है

लॉकडाउन में फंसे बिहार के प्रवासियों के लिए उदयपुर से आज स्पेशल ट्रेन हाजीपुर के लिए रवाना हुई

गौरतलब है कि उदयपुर से मंगलवार रात को रवाना हुई स्पेशल ट्रेन भी आज प्रवासी श्रमिकों को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचेगी

एक एथिकल हैकर की ओर से ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताये जाने के बाद सरकार का यह स्पष्टीकरण आया है

सरकार ने इस गूगल फहर्म से लिंक व्हाट्स एप संदेश को फर्जी बताया है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने ऐसा कोई फ्रहर्म जारी नही किया है लोगों को इस लिंक पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी गई है और दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये ही पंजीकरण कराने को कहा गया है

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध ने पीड़ित मानवता का मध्यम मार्ग दिखाकर एक नई अवधारणा दी उन्होंने कहा कि बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं उन्हें अपने जीवन में उतार कर हम जीवन को सुखमय बना सकते हैं श्री मिश्र ने इस पर्व पर प्रदेश को कोरोना से मुक्ति मिलने और खुशहाली की कामना की है मौसम विभाग ने आज नागौर जयपुर सीकर अजमेर टोंक और बूंदी जिलों में कुछ स्थानों पर तथा इन जिलों से लगते क्षेत्रों में बिजली कड़कने के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है विभाग के अनुसार जयपुर अलवर अजमेर पाली राजसमंद दौसा झुंझुन्न भरतपुर वूंदी चूरू सीकर दोंक चित्तौड़गढ कोटा जोधपुर नागौर थौलपुर भीलवाड़ा बारां और झालावाड़ जिलों में कहीं कहीं तथा इनसे लगते क्षेत्रों में अंधड़ के साथ हल्की बारिश हो सकती है इस बीच आज टोंक जिले में अंधड़ के साथ तेज बरसात हुई बूंदी करौली सवाईमाधोपुर में भी कई स्थानों पर बरसात के समाचार हैं राजधानी जयपुर में भी दोपहर से घने बादल छाए हुए हैं कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है